श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि भारत को नई ऊंचाइयां प्राप्त करने से कोई भी द्ष्प्रचार नहीं रोक सकता

बंगल्रु में एयरो इंडिया शो के दौरान चीफ ऑफ एयर स्टाफ बैठक में उन्होंने कहा कि तकनीकी प्रगति से वाय् शक्ति बढ़ने के साथ ही खतरे की मैट्रिक्स भी बदल रही है श्री भदौरिया ने कहा कि पिछले क्छ वर्षो में युद्ध की प्रकृति काफी बदल गई है उन्होंने उल्लेख किया कि हाल में आर्मेनिया अज़रबाइजान और सीरिया में सशस्त्र ड्रोन और मानव रहित वाय् यानों का किस तरह इस्तेमाल किया गया था एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर नजदीकी से नज़र रख रहा है और मानव रहित तथा वैकल्पिक मानव युक्त साधन क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है

उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स रख रखाव प्रबंधन प्रणाली को निगरानी क्षमताओं में स्धार के काम में लगाया गया है उन्होंने यह भी कहा कि परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है श्री भदौरिया ने अंतरिक्ष में खतरों का तेजी से पता लगाने और उनसे निपटने के लिए एक तंत्र बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया

तीनों सूचना आय्क्तों का कार्यकाल तीन साल या पैंसठ वर्ष की उम्र पूरी होने तक होगा शपथ ग्रहण समारोह में म्ख्यमंत्री पेमा खांड्र विधान सभा अध्यक्ष पी डी सोना उपाध्यक्ष तेसाम पोंग्ते गृह मंत्री बामंग फेलिक्स सहित कई मंत्री और अधिकारी मौजूद थे

स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अपनी स्थापना से लेकर अब तक राजीव गांधी यूनिवार्सिटी ने लंबा सफर तय किया है यहीं वजह है कि ऑल इंडिया रैंक में अब ये यूनिवार्सिटी द्रसरे पायदान पर पहुंच गई है राज्यपाल ने वाईस चांसलर डॉ साकेत क्शवाहा की तारीफ करते हए कहा कि यूनिवार्सिटी में शिक्षण के माहौल को बेहतर बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

पिछले चौबीस घंटे में देशभर में सत्रह हजार आठ सौ चौबीस रोगी स्वस्थ ह्ए और बारह हजार आठ सौ निन्यानबे कोरोना मामलों की प्ष्टि हई है कल इस महामारी से एक सौं सात रोगियों की मौत हुई है देशभर में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख़ पचपन हजार पच्चीस है और अब तक चौवालीस लाख उनचास हजार पांच सौ बाईस लोगों को कोविड के टिके लगाए जा च्के है इधर राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव छह एक प्रतिशत हो गयी है राज्य में कल कोरोना के दो रोगी स्वस्थ हए और इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर नौ रह गई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोविड का एक भी मामला सामने नहीं आया है

श्री तेची ने विभिन्न फाइलों और रिकॉर्डों ओडिट रिपोर्टो और स्ट्रोंग रुम का निरीक्षण और ट्रेजरी के कामकाज को और बेहतर बनाने के उपाय स्झाए श्री तात्ंग ने मासिक खातों को समय पर जमा करने और मासिक विवरण के जांच के महत्व पर प्रकाश डाला

कल अंडरपास के लिए चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बात करते हए श्री पोतोम ने कहा कि कार्य की दैनिक आधार पर समीक्षा की जा रही है